प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए किसानों और सैनिकों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रही है वे आज पंजाब में मुक्तसर जिले के मलोट में किसान कल्याण रैली को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र में एनडीए सरकार ने किसानों के फायदे के लिए खरीफ फसल के सरकारी खरीद मूल्य में दो सौ रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है

श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सैन्य कर्मियों के लिए लंबे समय से विचाराधीन वन रैंक वन पेंशन योजना को भी मंजूरी दी

बातचीत में दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजोविका मिशन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के तहत काम करने वाले समूह भाग लेंगे इस बातचीत से प्रधानमंत्री को सीधे इन समूहों के सदस्यों की गतिविधियां जानने और उनसे उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानने का अवसर मिलेगा यह बातचीत दूरदर्शन और एनआईसी वेबकास्ट पर भी उपलब्ध होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गो तक पहुंचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है लखनऊ में आज जनसंख्या जागरूकता रैली को रवाना करने के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि चिंताजनक है उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा बिजली पेयजल जैसी सुविधाएं प्रत्येक को उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या को स्थिर किया जाये

इसलिए हमें अपने संकल्प का एक हिस्सा बनना होगा हम सब जानते हैं कि भारत जैसे देश में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वह इतनी ज्यादा है कि हर वर्ष हम एक नया आस्ट्रेलिया खड़ा कर देते हैं आस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से काफी बड़ा है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से आप देखे तो प्रति वर्ष बढ़ने वाली यह जनसंख्या वास्तव में भारत जैसे विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े है देश के लिए एक चुनौती बनी हुई है जनसंख्या का धनत्व शहरी क्षेत्रों में जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है प्रदेश का कोई भी नगरीय क्षेत्र या नगर निकाय ऐसा नहीं है कि जहां पर वह इस बात का दावा कर सके कि हम अपने नागरिकों को हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं

इस अवसर पर प्रदेश में कानपुर बलिया बलरामपुर हमीरपुर सहित अन्य जनपदों में जनसंख्या जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये उच्चतम न्यायालय ने ताजमहल की रक्षा के लिए उपाय करने के मुद्दे पर आज केन्द्र सरकार और उसके अधिकारियों की आलोचना की शीर्ष न्यायालय ने इसे ढिलाई बरतने वाला रवैया बताया उसने केन्द्र को निर्देश दिया कि वह इस ऐतिहासिक स्मारक की रक्षा के लिए किए गए उपायों के पूरे ब्यौरे दे और इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने के बारे में बताए

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि मामले की वैधता का फैसला उच्चतम न्यायालय पर छोड़ दिया गया है न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन एएम खान विलकर डी वाई चन्द्रचूड़ और इन्दू मल्होत्रा की संविधान पीठ इस प्रकार की कई याचिकाओं की एक साथ सुनवाई कर रही है उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति के क्रीमी वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर अपने पहले के आदेश पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया अर्टोनी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि सात न्यायाधीशों वाली पीठ को इस मुद्दे पर तुरंत सुनवाई करनी चाहिए क्योंकि रेलवे और अन्य सरकारी विभागों में लाखों नौकरियां न्यायिक फैसलों के कारण रूकी हुई है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

प्रदेश को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि गांवों क आर्थिक विकास के लिए उन्हें पक्की सड़कों से जोड़ना आवश्यक है उन्होंने बताया कि इस वर्ष की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में योग्यता सूची में स्थान पाने वाले छात्रों के गांवों के लिए सड़क निर्माण का शिलान्यास छात्रों द्वारा ही समारोह पूर्वक कराया जायेगा

इसके लिए विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है मेरा मानना है कि जब तक हमें बड़े बड़े हाइवें सब मिलते है लेकिन हम गांव की उस जनता को अगर सुविधा नहीं दे पाते है जो एक तरह से असली भारत जो गांव में रहता है तब तक हमारा काम अधूरा है अभी तक हम हर तहसील को हर ब्लाक को हर जिले को जोड़ने का काम कर रहे थे लेकिन अब हम हर गांव को भी जोड़ने का एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे है

प्रदेश सरकार ने जेलों की व्यवस्था में सुधार और सुरक्षा व्यवस्था को और चुस्त दुरूस्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है

समिति से दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले दिनों बागपत जिले में कुख्यात अपराधी प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद सरकार ने इस समिति का गठन किया है प्रदेश के जेलों में उनकी क्षमता से डेढ़ गुना अधिक कैदी बंद है जेलों के भीतर सूरक्षा को लेकर भी सरकार ने पहल की है राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हुई मध्यम से भारी वर्षा से लोगों को भीषण उमस भरी गर्मी से राहत मिली है वहीं इसे कृषि कार्य के लिए बेहद लाभदायक बताया जा रहा है पिछले कई दिनों तापमान काफी ऊँचा रहने के कारण सामान्य जन जीवन बुरी तरह प्रभावित था आज मुजफ्फरनगर हमीरपुर मेरठ हापुड़ सीतापुर कन्नौज पीलीभीत कानपुर बरेली सहित कई जनपदों में वर्षा का क्रम जारी रहा प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाये हुए है मौसम विभाग ने बांदा हमीरपुर जालौन महोबा अलीगढ़ मथुरा हाथरस गाजियाबाद बुलन्दशहर अमरोहा बिजनौर फैजाबाद उन्नाव रायबरेली तथा फैजाबाद जनपदों सहित आसपास के क्षेत्रों में आज शाम गरज चमक के साथ वर्षा की चेतावनी जारी की है वहीं जौनपुर बहराइच कौशाम्बी सहित कई जनपदों में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान नजर आये राज्य में दो अलग अलग दुर्घटनाओं में बारह लोगों की मौत हो गई तथा बारह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये कन्नौज जिले में आज भोर में हुई एक सड़क दुर्घटना में आठ तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो गई इनमें तीन बच्चे और महिलाएं शामिल है ये सभी यात्री राजस्थान अलवर के रहने हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह दूर्घटना उस समय हुई जब राजस्थान निवासी तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रहा यात्री वाहन सड़क के किनारे खड़े कन्टेनर से टकरा गया ये लोग सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए जा रहे थे वहीं सुल्तानपुर जनपद में हलियापुर थाना क्षेत्र अन्तगत फैजाबाद रायबरेली रोड पर एक ट्रवलर और जीप की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई तथा नौ अन्य घायल हो गये

समाप्त